मोदी संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है साथ ही पोषण अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर जोर दिया है श्री मोदी ने आज मध्यप्रदेश के पन्ना सहित विभिन्न राज्यों की आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच सौ रुपए इसी वर्ग में बाईस सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्तं करने वाली सेविकाओं का मानदेय तीन हजार पांच सौ रुपए आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए करने की घोषणा की श्री मोदी ने यह भी बताया की आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी कर दी गई है उन्होंने कहा कि आशा सेविकाओं और उनकी सहायता करने वाली महिलाओं को चार लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने पन्ना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से चर्चा की और उनके कामकाज की भी सराहना की जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता के कल्याण के लिये काम करना और गरीबी हटाना है इसके लिये वे कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे उन्होंने आज बैतूल जिले के मुलताई में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार हर गरीब को आवासीय पट्टा देकर जमीन का मालिक बनायेगी उन्होंने बताया कि संबल योजना के तहत सरकार ने गरीबों के लिये कई प्रावधान किये हैं जिसके तहत दो सौ रूपये महीने पर बिजली दी जा रही है अब पांच एकड वाले किसानों को भी संबल योजना का लाभ दिया जायेगा श्री चौहान ने भेंसदेही और बैतूल में भी सभाओं को सम्बोधित किया

शहडोल जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड दिये गये हैं इस योजना से जहां फसल की लागत कम हुई है वहीं उत्पादन कई गुना बढ़ गया है शहडोल जिले के विचारपुर गांव के किसान संजय तिवारी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उन्हें खेती में फायदा हुआ है कार्ड से पता चला कि उनके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी थी

समापन समारोह को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के सचिव के वी ईपेन और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बी पी सिंह ने संबोधित किया कार्यशाला के दौरान सुशासन तथा आम लोगों को कम से कम समय में अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई इस दौरान विभिन्न राज्यों की ओर से प्रस्तुतिकरण भी दिये गये

कार्यशाला में मध्यप्रदेश राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात पंजाब हरियाणा तथा झारखंड समेत बारह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया पहले दिन कल विभिन्न विषयों पर पांच तकनीकी सत्र भी हुए जिसमें प्रतिभागियों ने शिक्षा कृषि लोकसेवा और शिकायत प्रबंधन तथा सुशासन पर अपने विचार साझा किये थे शिक्षा करार हिन्दी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के लिये विशेष व्यवस्था की जायेगी स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने आज राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित उदय कार्यक्रम में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि हिन्दी भाषी विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरिंग की परीक्षा हिन्दी में देने की सुविधा राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय में की गई है ऐसे विद्यार्थियों को वैश्विक जरूरतों के अनुसार क्षमतावान बनाने के लिये अंग्रेजी सिखाई जायेगी इसके लिये आज किस्प और एए एजुटेक के बीच करार किया गया है कार्यकम को एए एजुटेक के संचालक भारतीय किकेट टीम के पूर्व कप्तान के श्रीकान्त और विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर सुनील गुप्ता ने भी सम्बोधित किया भोज विमानतल भोपाल संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने निर्देश दिये हैं कि राजाभोज विमानतल के आसपास रोजाना सफाई सुनिश्चित की जाये और विमानतल से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण हो उन्होंने आज पर्यावरण सभिति की बैठक में विमानतल अधिकारियों से कहा कि वे भोपाल से बड़े शहरों के लिये उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिये विमानन कंपनियों से चर्चा करें संगोष्ठी उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि वनवासी समुदाय ने जिस तरह अपने लोकगीतों बोलियों परम्पराओं और संस्कृति को आज भी सहेजकर रखा है इसी तरह समूचे भारत की लोक परम्पराओं को सहेजने की जरूरत है उन्होंने आज भोपाल में इतिहास संस्कृति एवं जनजातीय परम्पराएं विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्म करते हुए यह बात कही पुरस्कार मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उच्च ग्रणवत्ता के लिये प्रदेश को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता पीके निगम को यह पुरस्कार प्रदान किये प्रदेश को सड़क निर्माण में नई तकनीकी के प्रयोग और गुणवत्ता नियंत्रण में आध्रनिक तकनीकी के इस्तमाल के लिये दो पुरस्कार तथा देश में सर्वाधिक लम्बाई के सड़क मार्ग तैयार करने के लिये तीसरा पुरस्कार दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री ने मंडला की रोजगार सहायक प्रीति परमार को महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिये भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है

इस दुर्घटना में सत्ताईस लोग घायल हुए हैं

वे यहां एक सिंचाई परियोजना का शुभारम्भ करेंगे